लेकिन ब्रिक्स ने अभी तक एक भी परियोजना को मंजूरी नहीं दी है और प्रदेश को इन परियोजनाओं के लिए ब्रिक्स से एक भी पैसा नहीं मिला है यह जानकारी जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाक्र ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री द्वारा पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में दी

उन्होंने कहा कि ये कंपनियां केंद्रीय कॉरपोरेट मामले मंत्रालय के तहत आती है और इन पर प्रदेश सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है उन्होंने यह भी माना कि सीएसआर में स्थानीय लोगों के प्राथमिकता दी जानी चाहिए विधायक जगत सिंह नेगी के सवाल पर जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि विभाग के अधिकारियों को नामज्ञा गांव के लिए सतलुज नदी से उठाऊ सिंचाई योजना के प्रस्ताव का पुनःनिरीक्षण करने को कहा गया है

वाकआउट विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर हई चर्चा पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने आज सदन से वाकआउट किया विपक्ष का आरोप था कि अभिभाषण में उठाए गए मुद्दों का मुख्यमंत्री ने जवाब नहीं दिया साथ ही विपक्ष का यह भी कहना था कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत खराब है और सरकार कर्जो पर चल रही है दूसरी ओर जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार साफ नीति और साफ नीयत से काम कर रही है उन्होंने प्रदेश पर बढ़ रहे कर्ज के बोझ के लिए पूर्व कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया

एफआईआर सोलन जिले के बद्दी में फूड लाइसेंस लेकर नकली दवाएं बनाने वाली एक और कंपनी के खिलाफ प्रदेश सरकार ने एफआईआर दर्ज की है कंपनी का पूरा स्टॉक सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है और कंपनी के दो मालिकों को गिरफ्तार किया गया है यह मामला ग्लेनमार्स हैल्थ केयर कंपनी के खिलाफ दर्ज किया गया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में विशेष व्यक्तव्य के माध्यम से यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को छत्तीसगढ़ दवा प्रशासन से सूचना मिली थी कि छत्तीसगढ़ में कुछ दवाइयां कोरियर कंपनी द्वारा प्राप्त हुई है और भेजने वाले का नाम आदर्श फॉयल बद्दी है तथा इन दवाइयों के नकली होने की संभावना है